इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है यह ऋण माफी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक निवेश है मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी और इनकम टैक्स देने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा साहूकारों द्वारा दिये जाने वाले कर्ज को माफ करने की प्रक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि हमें अपने वर्किंग कल्वर को नया मोड़ देना है इसकी शुरूआत प्रदेश सरकार ने आज से कर दी है आज से किसानों से आवेदन लिये जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है

कुंभ उत्तरप्रदेश में प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम कुम्भ अखाड़ों के शाही स्नान के साथ आज से शुरु हआ पहले शाही रनान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं

यहां चौदह सौ सीसीटीवी कैमरों के अलावा इंटीग्रेटिड सेंट्रल कंट्रोल और कमांड सेंटर स्थापित किया गया है कुंभ में महिला श्रद्वालुओं के लिए पहली बार तीन महिला पुलिस यूनिट तैनात की गई हैं

मेला अधिकारी के अनुसार आज करीब सवा करोड़ लोगों के मेले में पहुंचे की संभावना है कुंभ में स्वच्छता का खास ध्यान रखते हुए एक लाख बीस हजार शौचालय बनाए गए हैं यहां डेढ़ हजार स्वच्छतागृही और बीस हजार सफाईकर्मी लगाए गए हैं आकाशवाणी ने अलग से एक किलोवाट का एफएम रेडियो स्टेशन कुम्भवाणी स्थापित किया है

आकाशवाणी ने पहली बार कुम्भवाणी से सभी कार्यक्रमों के प्रसारण की यू ट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की है मकर संक्रांति प्रदेशभर में आज भी मकर सक्रांति का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होने और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही ये पर्व मनाया जाता है उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मकर संक्रांति महापर्व पर परंपरा अनुसार बाबा महाकाल का तिल जल से स्नान हुआ और तिल गूड का भोग भी लगाया गया उज्जैन में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए विशेष इंतजाम किये गये है

वहीं विदिशा में भी मकर संक्रांति पर्व पर बेतवा नदी में पानी छोड़ा गया है जिससे यहां बने विभिन्न घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर सकें उधर होशंगाबाद के सेठानी घाट पर भी सुबह से ही श्रद्वालुओं के पवित्र नर्मदा नदी में स्नान करने का सिलसिला जारी है शिवपुरी के प्रसिद्ध बाणगंगा मंदिर पर आज सुबह से श्रद्दालुओं की भीड़ देखी जा रही है

जिस प्रकार टीकों के माध्यम से स्मॉल पाक्स पोलियो और मात शिश्र् टिटनेस बीमारी का अंत किया गया है उसी प्रकार मीजल्स रूबेला का भी अंत किये जाने का संकल्प लिया गया है

भोपाल में जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भेल दशहरा मैदान में इस अभियान का शुभारंभ किया श्री शर्मा इस मौके पर यूनीसेफ के सहयोग से संचालित मीजल्स रूबेला जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया वहीं इंदौर में स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरूआत की उधर खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी आज से खसरा और रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरूआत हो गई है इस अभियान के तहत कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने स्कूल पहुंचकर अपनी बेटी का टीकाकरण कराया